मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसकी रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के उपचार और देखभाल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों खासकर मरीजों के मन से भय को दूर करने की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को टेली मेडिसीन या वीडियो कॉलिंग के जरिये भी जरूरी सुझाव दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार जिला स्तर पर स्थित निजी अस्पतालों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं श्री बघेल ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दर निर्धारित करने की बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवार जहां एक दो लोग कोरोना पॉजीटिव पाए जाते हैं तो उस परिवार के सभी सदस्यों और उनके नजदीकी संपर्क में आए लोगों को बिना कोरोना जांच के ही एहतियात के तौर पर प्रॉफिलैक्टिक ड्रग किट दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस किट में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध दवाओं के सेवन के साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया के पालन संबंधी जरूरी मार्गदर्शन भी होना चाहिए श्री बघेल ने कहा कि बिना लक्षण और कम लक्षण वाले मरीजों का होम आइसोलेशन के जरिये इलाज सुनिश्चित किए जाने से अस्पतालों पर दबाव कम होगा उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मार्गदर्शन के लिए टेली मेडिसीन या व्हाट्सप कॉलिंग के जरिये चिकित्सक उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें दवाओं के बारे में जरूरी परामर्श दे सकते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सहमति देने की शर्त में भी छूट दी गई है अब होम आइसोलेशन के लिए थ्री बीएचके मकान अनिवार्य नहीं है

उन्होंने कहा कि इन पॉम्पलेट और हैंड बिल में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बिना लक्षण वाले और कम लक्षणों वाले मरीजों को कौन कौन सी दवाएं कब लेनी हैं और क्या एहतियात उन्हें बरतना है श्री बघेल ने कलेक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना से बचाव संबंधी जरूरी दवाओं और उपकरणों की मेडिकल दुकानों में उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा वहीं उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वनौषधियों से निर्मित काढ़ा चूर्ण का वितरण करने को भी कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेण् जी पिल्ले ने बताया कि राज्य में अब तक करीब इकतालीस हजार कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिनमें से बीस हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के मरीजों की मृत्यू का प्रतिशत एक दशमलव सात तीन है जबकि छत्तीसगढ़ में यह एक प्रतिशत से भी कम है उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तीस हजार बिस्तरों की व्यवस्था है जिनमें से वर्तमान में बाईस हजार से अधिक बिस्तर खाली हैं श्रीमती पिल्ले ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब पच्चीस सौ लोग होम आइसोलेशन में हैं कोरोना मरीज इलाज दर राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन वर्गो में बांटा गया है इसमें ए श्रेणी में रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है वहीं बी श्रेणी में सरगुजा महासमुंद धमतरी कांकेर जांजगीर चांपा बलौदाबाजार भाटापारा कबीरधाम और बस्तर जिले के अस्पताल शामिल हैं

निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को खुदं ही वहन करना होगा सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निर्धारित शुल्क लेंगे इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयां वास्तविक बाजार मूल्य पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी टेली परामर्श वीडियो कॉल सलाह वहीं प्रदेश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन में रहने के दौरान डॉक्टरी सलाह देने के लिए शुल्क निर्धारित कर लिया गया है ऐसे मरीजों को प्रतिदिन ढाई सौ रूपये के हिसाब से दस दिनों के लिए ढाई हजार रूपये में टेली परामर्श या वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में निजी चिकित्सकों ने कोरोना संक्रमित मरीजों को सलाह उपलब्ध कराने की दर पर अपनी सहमति दे दी है उधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने बताया कि लक्षणरहित कोरोना संक्रमित मरीजों को चिकित्सकों की निगरानी में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी इसके लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट पर आवेदन उपलब्ध करा दिया गया है कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है दुर्ग जिले में आज शाम तक कोरोना संक्रमित एक सौ तेरह नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें सीआईएसएफ के आठ और बीएसएफ के चार जवानों के अलावा गृह मंत्री निवास में पदस्थ एक कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य शामिल हैं राजधानी रायपुर में पंजीयन कार्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार की आज कोरोना की वजह से मौत हो गई उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इधर रायगढ़ जिले में आज अब तक कोरोना संक्रमित संतावन नये मरीज मिले हैं इनमें जिले के पुलिस अधीक्षक और एक थानेदार के साथ दो मीडियाकर्मी भी शामिल हैं वहीं महासमुंद जिले में भी आज पंद्रह कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें से बारह मामले महासमुंद के हैं जांजगीर चांपा जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरोना संक्रमित पाई गई है गौरतलब है कि जांजगीर के एसडीओपी और उनके परिजनों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद कलेक्टोरेट कार्यालय अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपलों की जांच की जा रही है के सभी उधर जगदलपुर में आज कोरोना संक्रमण के तेरह पॉजीटिव मामले सामने आए हैं इसी तरह कांकेर जिले में भी कोरोना संक्रमण से एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मृत्यु हो गई है जिले में संक्रमण से यह पांचवीं मौत है वहीं कल रात तक जिले में कोरोना संक्रमित उन्नीस मरीजों की पहचान हई थी कोरोना खबर राजनांदगांव के निगम कार्यालय में कोरोना संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद निगम कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर बारह सितंबर तक रोक लगा दी गई है अति आवश्यक सेवा से संबंधित शिकायतों के लिए आम लोग अपने वार्ड पार्षद से संपर्क कर सकेंगे बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ तीन कर्मी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिसके बाद न्यायालय को नौ सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बंद के दौरान केवल अत्यंत जरूरी प्रकरणों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर की जाएगी इसी तरह बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी में पदस्थ कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए एक शिविर लगाया गया जांच में एक दैनिक श्रमिक और एक ठेकेदार की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इस बीच धमतरी सराफा एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में कल से तेरह सितंबर तक सोने चांदी की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है वहीं महासमुंद जिले के पटेवा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यहां की सैलून दुकानों को एक हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा

हालांकि कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाले और जिन क्षेत्रों को जिला प्रशासन द्वारा बंद रखने का निर्णय लिया गया है वहां के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले जाएंगे राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने से पहले इनका सैनिटाईजेशन किया जा रहा है साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को लिए पर्यवेक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कुछ घंटों के लिए ही खोला जाएगा और इस दौरान छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गर्म और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण दिवस के दौरान बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी जिला कलेक्टरों द्वारा जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन के वितरण पर रोक लगाई जाएगी वहां पहले की तरह ही हितग्राहियों को एक हफ्ते के लिए रेडी दू ईट का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा जो हितग्राही आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं आना चाहते उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया ने आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के निर्णय की सराहना की है उन्होंने कहा कि इससे क्पोषण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका इस दौरान राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे यह कार्यक्रम सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे पोषण माह श्भारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फेसबुक लाईव के माध्यम से कल शाम छह बजे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगे इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया और संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह भी उपस्थित रहेंगी शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा जनप्रतिनिधि और पोषण अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे अधिकारी कर्मचारी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे स्पेशल ट्रेन रेल मंत्रालय ने बारह सितंबर से देशभर में चालीस जोड़ी ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है इसी के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल से चार जोड़ी स्पेशन ट्रेनें चलाई जाएंगी इनमें सिकंदराबाद दरभंगा कोरबा विशाखापट्नम पुरी अहमदाबाद और दुर्ग पुरी ट्रेन शामिल हैं ये ट्रेनें श्रमिक ट्रेनों और वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी पढ़ई तुंहर पारा वेबीनार कोरोना संकट काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ई तुंहर पारा कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए कल राज्य स्तरीय वेबीनार का आयोजन किया जाएगा गौरतलब है कि पढ़ई तुंरह पारा कार्यक्रम के तहत जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन नहीं है उनके लिए सामुदायिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं इस वेबीनार में सामुदायिक स्कूलों में बेहतर तरीके से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी वहीं पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव विकासखंड के धीरी गांव में युवा और किशोर शिक्षा सारथी के रूप में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने आज राजनांदगांव के तीन शिक्षा केन्द्रों का अवलोकन किया उन्होंने युवाओं द्वारा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई इस पहल की सराहना की शोभा सोनी श्रद्धांजलि राजनांदगांव की पूर्व महापौर और राज्य समाज कल्याण मंडल की पूर्व अध्यक्ष शोभा सोनी को श्रद्वांजलि देने के लिए आज राजनांदगांव में एक वर्चुअल शोक सभा का आयोजन किया गया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्रीमती सोनी के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने हर दायित्व का पूरी तरह पालन किया कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी स्वर्गीय सोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की जैसी कि खबर दी जा चुकी है बीते दो सितंबर को श्रीमती सोनी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है वहीं कृछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक एक मानसून द्रोणिका अमृतसर मेरठ जलपाईगुड़ी और असम होती हुई नगालैंड तक सक्रिय है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ने की उम्मीद है

आरोपी ओडिशा के सीमापाली गांव का रहने वाला है

कोरिया जिले के बैकुंडपुर जनपद पंचायत के एक तकनीकी सहायक और अमरपुर ग्राम पंचायत के एक ग्राम रोजगार सहायक को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र स्थित जामनारा गांव में आज दोपहर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से इसकी चपेट में आकर तेरह मवेशियों की मौत हो गई कोरिया के अमृतधारा उत्तर वन परिक्षेत्र स्थित बिहारपुर में जंगली हाथियों का एक दल पहुंच गया है